दस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी वेब पोर्टल पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल की शुरूआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी इस वेब पोर्टल के शुरू होने से कर सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढाने में मदद मिलेगी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने हाल के वर्षों में प्रत्यक्ष कर प्रणाली के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं

आय कर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अन्पालन आसान बनाने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है इसके तहत आय कर रिटर्न की वैधानिक समय सीमा बढाई गई है लोगों के पास नगदी बढाने के लिए कर रिफंड की प्रक्रिया में भी अत्यधिक तेजी लाई गई है

नये संक्रमित होने वालों में पुलिस विभाग के एक दर्जन से अधिक लोग भी शामिल हैं

स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कहा कि सहयोग और संकल्प से ही इस महामारी पर विजय प्राप्त होगी स्वतंत्रता दिवस से इस अभियान की शुरूआत की जा रही है भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जायेगी

इस अपील में स्थानीय खेल प्रतिभाओं कलाकारों एवं क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को जोड़ा जायेगा वेबनार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिये प्रदेश के मंत्रियों के समूह गठित किये गये हैं

तैयार ड्राफ्ट के आधार पर बनाए गये रोडमैप को एक सितम्बर से लागू कर दिया जाएगा

इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रेहडी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी डिजिटल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कैश बैक मिलेगा

हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्दालुओं को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है राजधानी भोपाल में जन्माष्टमी के अवसर पर लक्ष्मीनारायण मंदिर श्रीकृष्णप्रणामी गुफामंदिर के साथ साथ पटेलनगर में एस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में कृष्णजन्म की झांकिया सजाई गई है डिंडोरी जिले में श्री राधाकृष्ण मंदिर और बिट़ठल मंदिरों को सजाया गया है जिले में कोई सामुहिक धार्मिक आयोजन नहीं किया जा रहा है होशंगाबाद जिले में श्रीकृष्ण जन्माभिषेक और उनके दर्शन भक्तों को ऑनलाइन कराए जा रहे हैं अधिकतर लोग घरों में ही रहकर श्रीकृष्ण जम्मोत्सव मना रहे हैं सतना बैतूल सहित अन्य जिलों में भी जम्नाष्टमी की ध्रम है

रक्षा अन्संधान और विकास संगठन द्वारा प्रमामाणित और फ्रांसीसी तथा अमरीकी मानकों पर आधारित यह उपकरण देश में ही तैयार किया गया है होटल संचालन कोरोना संकमण के कारण अब तक बंद राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रदेश में स्थित सभी होटल और रेस्टोरेंट फिर से शुरू कर दिये गये हैं इनमें भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर खजुराहो और पचमढ़ी क्षेत्र के सभी होटल और रेस्टोरेंट शामिल हैं निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने आकाशवाणी को बताया कि इन होटलों का संचालन केन्द्र और राज्य सरकार के कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा

आज शहडोल रीवा सागर और जबलपुर संभागों में बारिश हुई सतना जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से लगातार बारिश होने से निचली बस्तियों में पानी भर गया है शिवप्री जिले में लगातार चार दिन से बारिश हो रही है